लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में कल हनर हाट का हआ समापन उत्तराखंड के चमोली जिले में राहत और बचाव कार्य जोर शोर से चलाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल हिमस्खलन के बाद की स्थिति की समीक्षा की उन्होंने उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की श्री मोदी ने चल रहे बचाव और राहत कार्यो की भी समीक्षा की प्रशासन प्रभावितों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा हैं श्री मोदी उत्तराखंड में स्थिति की लगातार निगरानी कर रहे हैं उन्होंने कहा कि पूरा देश उत्तराखंड के साथ खड़ा है और प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा है श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की तैनाती बचाव कार्य और राहत अभियानों की जानकारी ले रहे हैं पश्चिम बंगाल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वे मुख्यमंत्री गृहमंत्री और अधिकारियों के माध्यम से स्थिति पर नजर रखे हए हैं जो मां गंगा का उदगम स्थल है वो राज्य उत्तरांखड इस समय आपदा का सामना कर रहा है एक ग्लेशियर ट्रटने की वजह से वहां नदी का जलस्तर बढ़ गया नुकसान की खबरें धीरे धीरे आ रही है मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र रावत जी भारत सरकार के ग्रहमंत्री एनडीआरएफ के अफसर उन सबसे निरंतर संपर्क में हूं वहां पर राहत और बचाव का कार्य पुरजोर करने का प्रयास चल रहा है लोगों को सुरक्षति स्थानों पर ले जाया जा रहा है केन्द्रीय गृह मंत्रालय भी स्थिति पर लगातार निगरानी बनाए हुए है गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भारत तिब्बत सीमा पुलिस और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक से बात की है उन्होंने कहा कि सभी संबंधित अधिकारी युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार इस संकट की घड़ी में उत्तराखंड के लोगों के साथ है कल सुबह चमोली में ग्लेशियर ट्रटने से धौलीगंगा में अचानक आई भीषण बाढ़ से तपोवन क्षेत्र के रैणी गांव के पास ऋषिगंगा पनबिजली परियोजना को भारी नुकसान पहुंचा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण देहरादून के अनुसार रैणी बिराजी अलकापुरी और छिनका गांवों से सात शव निकाल लिए गए लापता एक सौ पचास लोगों में से अब तक बारह लोगों को बचा लिया गया राष्ट्रीय आपदा मोचन बल राज्य आपदा मोचन बल सशस्त्र सीमा बल भारतीय तिब्बत सीमा पूलिस बल आईटीबीपी और रक्षाकर्मी बचाव और राहत अभियानों में सक्रियता से जुटे हैं वायुसेना ने भी बचाव अभियानों में अपने चॉपर लगाए हैं बचाव और राहत कार्य के लिए सेना के दो हेलीकॉप्टर भी तैयार हैं तपोवन क्षेत्र में सेना की चार ट्कडियां दो चिकित्सा दल और एक इंजीनियरिंग कार्यबल तैनात किए गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड मे हुई प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए उत्तराखंड सरकार को हरसंभव मदद का आश्वासन दिया है मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार उत्तराखंड सरकार के साथ खड़ी है मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वह किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें और न ही अफवाह फैलाएं उन्होंने प्रदेश में गंगा नदी के किनारे स्थित सभी जनपदों के जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को लगातार निगरानी और सतर्कता बरतने के निर्देश दिये हैं राज्य सरकार द्वारा एसडीआरएफ और पीएसी के फ्लड बटालियन के जवानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है गंगा नदी के किनारे स्थित जनपदों में निरंतर निगरानी की जा रही है जलस्तर बढ़ने की दिशा में आवश्यकता पड़ने पर गंगा के किनारे बसे लोगों को वहां से अन्यंत्र भेजने और राहत और बचाव के निर्देश दिये गये हैं हम लोगों ने पूरी तरह सतर्कता बरती है घटना के तुरंत बाद हमें जानकारी मिल गई फिर हम लोगों ने अपने यहां जलशक्ति विभाग को पहले से अलर्ट कर दिया है गृह विभाग एक एक गतिविधि पर नजर रख रहा है उत्तराखंड में स्थिति इस समय जलस्तर अलकनंदा का सामान्य तेजी के साथ बढ़ रहा है और हमारा अनुमान है कि ये जल नीचे आने में इसको समय लगेगा

केन्द्र सरकार ने किसानों की फसलों की सुरक्षा को मजबूती देते हुए वित्त वर्ष दो हजार इक्कीस बाईस में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए सोलह हजार करोड़ रूपये का आवंटन किया है मंत्रालय ने बताया कि इससे फसल बीमा के के अधिकतम लाभ किसानों तक पहुंचाना सुनिश्चित होगा मंत्रालय ने कहा कि वित्त वर्ष दो हजार बीस इक्कीस की तुलना में इस वित्त वर्ष में लगभग तीन सौ पांच करोड़ रूपये का इजाफा किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अयोध्या में अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान रामजन्म भूमि परिसर पहुंचकर वहां चल रहे निर्माण कार्यो का निरीक्षण किया मुख्यमंत्री ने इसके बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री नृत्य गोपाल दास से मुलाकात की उन्होंने रामकथा संग्रहलय में मौजूद जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ अयोध्या में चल रहे विकास कार्यो की प्रगति की समीक्षा की मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी के रूप में विकसित किया जायेगा मुख्यमंत्री ने बताया कि अयोध्या में विगत वर्षो की तुलना में पर्यटकों और श्रद्वालुओं की संख्या बढ़ी है उन्होंने कहा कि अयोध्या में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं प्रधानमंत्री जी के द्वारा अध्योध्या में श्रीराम जन्मभूमि और मंदिर शिलान्यास के साथ अगर हम देखेंगे तो विगत वर्षो की तुलना में अयोष्या में काफी पर्यटन और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है ये इस बात को दिखाता है कि प्यूचर में पर्यटन की जो अपार संभावनाएं हैं ये अपार संभावनाएं रोजगार की भी अनेक संभावनाओं को ले करके यहां पर आई हई और उन व्यापक संभावनाओं को लेकरके अयोध्या में एक नये रिंग रोड के निर्माण की व्यवस्था जो लोग अयोध्या नहीं आना चाहते बाहर बाहर से निकलना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए हम उस प्रकार की सुविधा देने एनएचएआई के साथ मिलकर उस प्रकार की व्यवस्था देने जा रहे हैं हर एक और से आने वाले लोगों के लिए पार्किंग की अलग से व्यवस्था यहां पर देने की व्यवस्था सड़कों के चौड़ीकरण की व्यवस्था ये सभी पर विस्तृत चर्चा हुई है और मेरा अनुमान है कि अयोध्या में बहुत शीघ्र इन योजनाओं के माध्यम से एक नई अयोध्या जो प्रधानमंत्री मोदी जी की भावनाओं के अनुरूप अयोध्या होगी केन्द्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में बाईस जनवरी से सात फरवरी तक आयोजित किये गये चौबीसवें हनर हॉट में उन्तीस लाख से अधिक लोगों ने भ्रमण कर स्वदेशी उत्पादों की खरीददारी की

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तेईस जनवरी को हुनर हॉट का उद्घाटन किया था केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कल हुनर हॉट के समापन अवसर पर पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए कहा कि हनर हॉट में जहां एक ही स्थान पर देश के हर क्षेत्र के स्वदेशी हस्त निर्मित दुर्लभ उत्पाद उपलब्ध थे वहीं दूसरी ओर यहां आने वाले लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों के पारंपरिक लजीज पकवानों का लुत्क भी उठाया एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता की केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि एक ओर हुनर हाट में जहाँ देश के हर क्षेत्र के स्वदेशी हस्तनिर्मित दुर्लभ उत्पाद उपलब्ध थे वहीं दूसरी और यहाँ आने वाले लोगों ने देशभर के विभिन्न क्षेत्रों के पारम्परिक लजीज पकवानों का भी लुत्फ उगया

ये दस्तकार शिल्पकार अपने साथ अजरख ऐ सिक आर्ट मेटल वेयर बाघ प्रिंट बाटिक बनारसी साड़ी बंघेज बस्तर की जड़ी बूटियां ब्लैक पॉटरी ब्लॉक प्रिंट बेंत बांस के उत्पाद विकनकारी कॉपर बेल ड्राई फ्लावर्स खादी के उत्पाद कोटा सिल्क लाख की चूड़ियाँ लेदर पश्मीना शाल रामपूरी वायलिन लकड़ी आयरन के खिलौने कांधा एम्ब्रोइडरी ब्रास पीतल के उत्पाद क्रिस्टल ग्लास चन्दन की कलाकृतियाँ लकड़ी बेंत के फर्नीचर आदि के स्वदेशी हस्तनिर्मित शानदार उत्पाद प्रदर्शन एवं बिक्री के लिए ले कर आये

एम एस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ देश में अब तक सत्तावन लाख पचहत्तर हजार से अधिक अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोविड का टीका लगाया गया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि पिछले चौबीस घंटों में कुल तीन लाख अट्ठावन हजार से अधिक लोगों को टीका लगाया गया है